रेल मंत्री ने टनकप्र से नई दिल्ली और कोटद्वार से नई दिल्ली के बीच चलने वाली दो जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को मंजूरी दी प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में कार्य योजना बनाई जायेगी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के स्टेट क्रेडिट सेमिनार में स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया गया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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

सरकार ने तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार और किसानों के बीच यह छठे दौर की वार्ता है वार्ता में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य वाय् ग्णवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनो में संशोधन का मसौदा शामिल है सरकार ने दोहराया है कि वह स्पष्ट लक्ष्य और ख्ले मन से किसानों के सभी म्द्दों का य्क्तिसंगत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है ट्रेनों की सौगात राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रम्ख अनिल बलूनी ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तराखंड को दो जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है यह दो जन शताब्दी ट्रेनें टनकपुर से नई दिल्ली और कोटद्वार से नई दिल्ली के बीच चलेंगी सांसद बलूनी ने रेल मंत्री का आभार जताते हुए हा कि जल्द ही दोनों ट्रेनों का टाइम टेबल भी रेल मंत्रालय जारी कर देगा राज्यसभा सांसद ने कहा कि इन दोनों ट्रेनों के संचालन से यहां के नागरिकों विद्यार्थियों रोगियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत होगी टनकपुर नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से पिथौरागढ़ चंपावत और उधम सिंह नगर के नागरिकों को बड़ी स्विधा होगी उसी तरह कोटद्वार नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से गढ़वाल मंडल के नागरिकों को सुगम और सुविधायुक्त रेल यात्रा की सेवा प्राप्त हो सकेगी सांसद बलूनी ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य युद्ध गति से चल रहा है नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन गढ़वाल कुमाऊं को निर्बाध सेवा दे रही है काशीपुर धामपुर नई रेल लाइन पर गंभीरता से रेल मंत्रालय आकलन कर रहा है उसी तरह टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सपना भी भविष्य में धरातल पर उतरेगा ट्रेन संचालन प्रतिक्रिया उत्तराखंड से दिल्ली के लिए दो जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की रेल मंत्री द्वारा मंजूरी मिलने के बाद चंपावत के लोगों में खुशी की लहर है जिले के युवा गौरव पांडेय ने कहा कि इससे पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी

चंपावत के व्यवसायी कैलाश का कहना है कि ट्रेनों के संचालन होने से सुविधा मिलेगी

राज्यपाल द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है

कृषि मंत्री बैठक प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्रक्षा की दृष्टि से स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में कार्य योजना बनाई जायेगी इसमें उस क्षेत्र के उपलब्ध कृषि जलवाय् की परिस्थितियों और विपणन प्रसंस्करण से सम्बन्धित पहलू को भी ध्यान में रखा जायेगा कृषि मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए अन्तराष्ट्रीय सीमावर्ती विकास प्रोग्राम के सम्बन्ध में बैठक की बैठक में बताया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बनने वाली कार्य योजना में कृषि बागवानी फसलों को बढ़ावा देने वाली संभावना का पता लगाया जायेगा इसके अतिरिक्त अन्य आजीविका विकल्पों से सम्बन्धित रिपोर्ट भी तैयार की जायेगी कृषि मंत्री ने निर्देश दिये कि अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती विकास प्रोग्राम से सम्बन्धित कार्य योजना बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाय

इन क्षेत्रों में कृषि विकास का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में समृद्धि लाकर पलायन को रोकना है

यह ऋण संभाव्यता विगत वर्ष से दस प्रतिशत अधिक है कल नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में इस बात की जानकारी दी गई सेमिनार में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और सहकारिता राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया सेमिनार में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस वर्ष का विषय किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उपज का समूहन निश्चित रूप से किसानों की आय को दोग्ना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी उन्होंने कहा कि केवल कृषि से किसानों की आय को दोग्ना नहीं किया जा सकता है इसके लिए मिश्रित खेती करने और अन्य संबंधित गतिविधियों अपनाने के साथ ही बेहतर ब्रांडिग और पैकेजिंग की जरूरत है सहकारिता राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने स्टेट फोकस पेपर की थीम को प्रासंगिक बताते हुए उम्मीद जताई कि नाबार्ड द्वारा तैयार यह दस्तावेज राज्य में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देगा और रोजगार सूजन में मदद करेगा कार्यक्रम में नाबार्ड के म्ख्य महाप्रबंधक डॉ ज्ञानेंद्र मणि ने इस वर्ष स्टेट फोकस पेपर के विषय किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उपज का समूहन की विशेषता के बारे में जानकारी दी आपको बता दें कि नाबार्ड के इस रोडमैप के आधार पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति वार्षिक ऋण योजना बनाती है और बैंकों के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है आईएमए विलेज योजना हरिद्वार जिले में आईएमए विलेज और मध् ग्राम योजना के तहत एक गांव का चयन किया जाना है

आईएमए विलेज योजना एवं मध् ग्राम के चयन के लिए गठित समिति की बैठक में अधिकारियों ने नारसन ब्लाक के मकदूमप्र ग्राम पंचायत का प्रस्ताव रखा बैठक में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि लाभार्थियों के चयन के लिए जो पात्रता रखी जायेगी उसमें सभी वर्गो किसान महिला किसान दिव्यांग थर्ड जेन्डर अनुसूचित जातिजनजाति का पूरा ध्यान रखा जाए जागेश्वर महोत्सव अल्मोड़ा जिले के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में एक दिवसीय जागेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये गए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि कोरोना की वजह से महोत्सव का सूक्ष्म आयोजन किया गया है अगले वर्ष मई में जागेश्वर में महोत्सव आयोजित किया जाएगा इस वर्ष कोविड की गाइडलाइन के अन्सार महोत्सव का आयोजन किया गया जिलाधिकारी ने कहा कि जागेश्वर अल्मोड़ा की सांस्कृतिक आध्यात्मिक और पर्यटन की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यहां महोत्सव का आयोजन किया गया

उनकी लोकेशन के हिसाब से भीड़ की संख्या का अन्मान लगाया जा सकता है इससे प्लिस प्रशासन को भीड़ नियंत्रण करने में काफी आसानी होगी

इसकी मदद से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की कृंभ मेला प्रशासन से एप को लेकर जल्द बात करेगा

बैठक पौड़ी पौड़ी जिले के गांवों से पलायन रोकने के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी जिले के म्ख्य विकास अधिकारी आशीष अट्टगाई ने विभिन्न विभागों को इसके निर्देश दिये हैं मुख्य विकास अधिकारी आशीष भट्टगांई बताया कि जिले के प्रत्येक विकासखंड के दो गांवों में यह कार्यक्रम संचालित किया जाना है